हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम बच्चों के लिए तनावरहित माहौल बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरु किए गए व्यापक अभियान का एक हिस्सा है

प्रदेश वैक्सीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध है जो सभी को लगेगी केंद्र सरकार से वैक्सीन की आवश्यक आप्रर्ति हो रही है उन्होंने प्रदेश के नागरिकों से अपील की है कि फेस मास्क के उपयोग के प्रति बिल्क्ल लापरवाही न बरतें सरकार मास्क के उपयोग को सख्ती से लागू करते हए जुर्माना लगाने पर भी विचार कर रही है जावडेकर उपभोक्ता दिवस विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि उन्हें उचित मूल्य पर सही उत्पाद मिले श्री जावडेकर ने लोगों से आग्रह किया के वे सही उत्पाद न मिलने पर उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत करें वहीं भोपाल में उपभोक्ताओं को जागरुक करने के उद्देश्य से आज उपभोक्ता मामलों के मंत्री बिसाहलाल सिंह और कृषि मंत्री कमल पटेल ने उपभोक्ता जागरुकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया अहसास अभियान शहडोल प्लिस जल्द ही स्रक्षा का एहसास नाम से एक विशेष अभियान श्रु करने जा रही है इस अभियान के तहत ऐसे ब्ज्र्ग जिनका कोई नहीं है उनकी प्लिस मदद करेगी जल्द ही इस अभियान की शुरुआत नगरीय इलाकों से की जायेगी प्लिस अधीक्षक अवधेश गोस्वामी ने बताया कि इस अभियान के तहत पहले ब्ज्गों की पहचान की जायेगी उसके बाद प्लिस उनके घर जाकर समस्याओं को समझते हए उसके निदान का प्रयास करेगी मौसम प्रदेश में मौसम के बदलाव का दौर जारी है राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर दोपहर तक तो धूप बनी रहती है इसके बाद आंशिक बादल छाने लगते हैं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय शक्ला ने बताया कि होली से पहले एकबार फिर मौसम बिगड़ने के आसार हैं